मृतकों की संख्या हुई पैंतीस

प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून पूर्व बारिश को लेकर ब्लू अलर्ट जारी उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को पूरे वेतन का भुगतान नहीं करने वाली निजी कंपनियों के खिलाफ जुलाई महीने तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किये जाने का निर्देश दिया है न्यायमूर्ति अशोक भूषण संजय किशन कौल और एम आर शाह की पीठ ने कहा कि उद्योगों और कर्मचारियों दोनों को एक दूसरे की जरूरत है इसलिए दोनों पक्षों को मिलजुल कर इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए पीठ ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे समाधान की इस प्रक्रिया में सहायता करें और इस बारे में संबंधित श्रम आयुक्तों को रिपोर्ट दें न्यायालय ने केन्द्र से भी कहा है कि वह गृह मंत्रालय के उनतीस मार्च के सर्कुलर की वैधता के बारे में चार सप्ताह के भीतर एक और शपथ पत्र दाखिल करें इस सर्कुलर में कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से पूरे वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए इस सर्कुलर के विरोध में विभिन्न कम्पनियों द्वारा दायर याचिकाओं पर अब अगले महीने के अंतिम सप्ताह में सुनवाई की जाएगी केन्द्र सरकार ने कहा है कि जुलाई दो हजार सत्रह और जनवरी दो हजार बीस के बीच शून्य जीएसटी रिटर्न भरने वाली पंजीकृत कंपनियों पर देरी करने के लिए जुर्माना नहीं लगाया जाएगा केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी की चालीसवीं बैठक के बाद संवाददाताओं को ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि जुलाई दो हजार सत्रह से जनवरी दो हजार बीस के बीच जीएसटी बिक्री रिटर्न नहीं भरने का अधिकतम जुर्माना पांच सौ रूपये होगा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पांच करोड़ रुपये तक के कारोबार करने वाले छोटे करदाताओं के लिए इस वर्ष फरवरी मार्च और अप्रैल की जीएसटी रिटर्न छह ज़ुलाई के बाद भरने वालों के लिए ब्याज दर अठारह प्रतिशत से घटाकर नौ प्रतिशत कर दी गई है छोटे करदाताओं को छह जुलाई दो हजार बीस तक जीएसटी रिटर्न भरने के लिए कोई ब्याज नहीं देना होगा इसके बाद नौ प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा और यह तीस सितंबर दो हजार बीस तक मान्य होगा श्रीमती सीतारमन ने कहा कि पांच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली कंपनियों का जुर्माना और ब्याज माफ कर दिया जाएगा यदि वे इस वर्ष मई जून और जुलाई के लिए जीएसटीआर थ्री बी फार्म भरते हैं वे करदाता जिनका जीएसटी पंजीकरण रद्द हो चुका है उन्हें तीस सितंबर दो हजार बीस तक पंजीकरण बहाल कराने के अवसर दिए जाएंगे केन्द्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये बरौनी स्थित खाद कारखाने को फिर से खोलने के कार्य की प्रगति की समीक्षा की श्री मंडाविया ने अधिकारियों को बाकी बचे काम जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया वंदे भारत मिशन के तहत प्रदेश में तेईस विशेष उड़ानों के माध्यम से विभिन्न देशों से तीन हजार इक्कीस अपप्रवासी भारतीयों को स्वदेश वापस लाया गया है सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि इनमें से दो हजार छह सौ छियासी बिहार के लोग थे इधर आज कुवैत से एक सौ इकहत्तर भारतीयों को लेकर गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विमान उतरा हमारे गया संवाददाता ने बताया कि सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की गयी जिसके बाद उन्हें क्वारेंटीन के लिए बोध गया भेज दिया गया केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया के उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि सरकार पांच लाख केन्द्रीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रही है पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा है कि यह खबर पूरी तरह निराधार है पीआईबी ने लोगों से ऐसी भड़काने वाली खबरों से सावधान रहने की अपील की है सीतामढ़ी नेपाल सीमा पर जानकी नगर गांव में नेपाल आर्म्ड पूलिस फोर्स के जवानों की ओर से की गयी फायरिंग में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गयी जबकि दो अन्य घायल हो गये सीतामढ़ी के पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि स्थानीय लोगों और नेपाल पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद नेपाल पुलिस की तरफ से कई राउंड फायरिंग की गयी

मौके पर पूलिस प्रशासन और एसएसबी के वरीय अधिकारी कैंप कर रहे हैं तनाव को देखते हुए सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गयी है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में मॉनसून के प्रवेश की संभावना जतायी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार दक्षिणी ओड़िशा से लेकर उत्तरी राजस्थान उत्तरी मध्य प्रदेश और छत्तीगढ़ तक ट्रफ लाइन गुजर रही है साथ ही इन क्षेत्रों में निम्न दवाब का क्षेत्र बना हुआ है जिस कारण मॉनसून समय पूर्व राज्य में प्रवेश कर सकता है ब्रलेटिन में कहा गया है कि अगले चौबीस घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में मॉनसून पूर्व बारिश की संभावना बन रही है विभाग ने उत्तर पूर्वी और दक्षिण मध्य बिहार के कुछ जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश को लेकर ब्लू अलर्ट जारी किया है

आज सबसे अधिक बारह मामले रोहतास से सामने आये हैं कटिहार और भागलपुर से ग्यारह ग्यारह मधुबनी से दस समस्तीपुर और सहरसा से आठ आठ तथा बक्सर से छह मामलों की पुष्टि हुई है इसके अलावा जहानाबाद से पांच बेगूसराय और सारण से चार चार अरवल से तीन भोजपुर बांका और लखीसराय से दो दो मामले पॉजिटिव पाये गये हैं गया दरभंगा अररिया किशनगंज जमुई और पटना से एक एक मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि अब तक जो मामले सामने आये हैं उसमें से इकहत्तर प्रतिशत से अधिक प्रवासी कामगारों के हैं उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों से आये चार हजार तीन सौ आठ लोग पॉजिटिव पाये गये हैं श्री सिंह ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान दो सौ तीस मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी है स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर तीन हजार तीन सौ सोलह हो गयी है जहानाबाद के एक व्यक्ति की आज इलाज के दौरान एनएमसीएच में मौत हो गयी मृतकों की संख्या बढ़कर पैंतीस हो गयी है बिहार में स्वस्थ होने की दर लगभग बावन प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है अन्य राज्यों की तुलना में बिहार छठे स्थान पर है वहीं मृत्यु दर बिहार में सबसे कम शून्य दशमलव पांच नौ प्रतिशत है देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर उनचास दशमलव चार सात प्रतिशत हो गई है अब तक एक लाख सैंतालीस हजार एक सौ पंचानवे लोग ठीक हो चुके हैं वहीं देश में संक्रमण के मामलों की संख्या दो लाख संतानवे हजार पांच सौ पैंतीस हो गई है जबकि मरने वालों की संख्या आठ हजार चार सौ अंठानवे हो गई है देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर दो दशमलव आठ पांच प्रतिशत पहुंच गई है कोविड उन्नीस संक्रमण से बचाव के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा ने लोगों को घर से बाहर निकलते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है

साथ में कोई थैला या टोकरी लेकर जाइये जिसमें सब्जी डलवा लें ताकि घर आकर उसको पानी में डालकर उसको अच्छी तरह से धो सकें महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी कोरोना से बचाव के लिए सभी को घर में ही रहने की सलाह दी है

इसे एक मौका समझें अपनी फैमिली के साथ वक्त बीताने का आप अपने आपको हमारे समाज को हमारे देश को और सारी दुनिया को इस वायरस से बचा सकते हैं सिर्फ अपने अपने घरों में रहकर एक समाज के तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम में से जो लोग पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं उन्हें हमारा स्नेह मिले उनका हम ध्यान रखें और वो कोई शर्मिंदगी महसूस न करें कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग को हम जीत सकते हैं एक दूसरे का सहयोग करके प्रदेश में एक जून से अनलॉक के प्रथम चरण के तहत नियमों के उल्लंघन के मामले में अब तक उनतालीस लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है उन्नीस प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं दस हजार दो सौ एक वाहन जब्त किये गये हैं साथ ही दो करोड़ अड़सठ लाख रुपये से अधिक की रशि ज़र्माने के रूप में वसूली जा चुकी है लॉकडाउन की अवधि में सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं से आम लोगों को जीवनयापन में काफी आसानी हुई कुछ लाभार्थियों ने आकाशवाणी के साथ अपने विचार साझा किये

घायल व को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के कबीरपुर गांव से गुजरात पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से एक साईबर ठग गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है गुजरात पुलिस अपराधी को अपने साथ गुजरात ले गयी है

गिरफ्तार अपराधी की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी

कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने इन सभी जिलों में विभागीय अधिकारियों को रात में भी रहने का निर्देश दिया है साथ ही इन जिलों के सभी कीटनाशक दुकानों को रात में भी खोलने को कहा गया है नालंदा जिले के वेन थाना क्षेत्र के लक्ष्मी बिगहा गांव के पास एक ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से चालक समेत दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया बक्सर जिले में कृष्णाब्रहम् थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर के पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी पुलिस ने बताया कि अपराधी ट्रैक्टर चुराकर भाग रहे थे मौके से एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई है

मृतकों की संख्या हुई पैंतीस

प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून पूर्व बारिश को लेकर ब्लू अलर्ट जारी